सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें उच्चस्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीकेपॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे छात्रावास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में आज राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय के कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें मुख्यमंत्री ने भंगरोटू में निर्माणाधीन मेक शिफ्ट प्री फैब्रिकेटिड अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए तकनीकी शिक्षा मंत्री राम लाल मारकण्डा भी इस दौरान मौजूद रहे हिम केयर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सहारा बन रही है

हिम केयर योजना के लिए पंजीकरण हर वर्ष जनवरी से मार्च माह के बीच किया जाता है

जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे

सभी स्थानों पर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज अनाडेल में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि अनाडेल वार्ड में सौ गाड़ियों के लिए पार्किंग का निर्माण जल्द किया जाएगा

मृतकों में दो महिलाएं और एक युवती शामिल हैं और ये सभी कांगड़ा ज़िले के द्रम्मण की रहने वाली थीं घायलों को टाण्डा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है संचार सुविधा जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में पिछले एक वर्ष में संचार सुविधा काफी हद तक सुदृढ़ हुई है लेकिन चौखंग और नैनगाहर क्षेत्र आज भी इस सुविधा से वंचित हैं इस क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल नीलकंठ महादेव की पवित्र झील होने के कारण गर्मियों में बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचते हैं संचार सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है स्थानीय लोगों ने सरकार से क्षेत्र में जल्द संचार सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है